इधर राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिवन ने कहा हाकि विभाग को डायलिसिस डिलिवरी सहित आपातकालिन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसे जगह की तलाश थी जहां गंभीर रुप से बीमार लोग आसानी से पहुंच सके

विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चअल सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि कौशल असीम होते हैं और यह समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था

इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित थे